कोरोना दिशा निर्देशों की पालना के साथ मतदान केन्द्रो पर वोट डाले जा रहे हैं

झालावाड़ जिले में जिला प्रमुख के चुनाव आज होगा वहां उप जिला प्रमुख कल चुना जाएगा राज्य के नए मुख्य सूचना आयुक्त और दो सूचना आयुक्तों का शपथ ग्रहण सामारोह आज राजभवन में आयोजित किया जा रहा है राज्यपाल कलराज मिश्र नए मुख्य सूचना आयुक्त डीबी गुप्ता और सूचना आयुक्त नारायण बारेठ तथा शीतल धनकड को शपथ दिलवाएंगे

राजधानी जयपुर और जोधपुर में भी रोजाना सामने आने वाले कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आई है

राज्य में कोरोना संकमण से ढाई हजार लोगों की मृत्यु हो चुकी है

कल मुख्यमंत्री निवास पर हुई एक बैठक में श्री गहलोत ने कहा कि इन सेन्टर्स पर टीकाकरण के लिए प्रख्ता इंतजाम हों ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े उन्होंने वैक्सीन के ॅ सुरक्षित परिवहन और भण्डारण के लिए भी सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा के जेके लॉन अस्पताल में नवजात शिशुओं की मौत के मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है श्री बिरला आज कोटा दौरे पर हैं चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने इस मामले में प्राचार्य से रिपोर्ट तलब की और प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज प्राचार्यो को नवजात शिशुओं के इलाज में गम्भीरता बरतने के निर्देश दिए हैं चिकित्सा मंत्री ने कहा कि उपचार में लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी जयपुर ग्रामीण से सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर बानसूर मोड़ पर शीघ्र फ्लाई ओवर बनवाने का आग्रह किया कोटपूतली मंडी से बानसूर की तरफ जाने वाले मार्ग पर यातायात के अत्यधिक दबाव के कारण सड़क हादसों की आशंका रहती है इसे देखते हुए फ्लाई ओवर का निर्माण करवाना आवश्यक है

राज्य के कई स्थानों पर मौसम का मिजाज बदलने के बाद आज हल्की बारिश के समाचार हैं ब्रंदी बांसवाड़ा झालावाड़ उदयपुर सिरोही सवाई माधोपुर और प्रतापगढ़ में आज हल्की बारिश हुई रिमझिम बरसात के दौर और सर्द हवाओं ने इन स्थानों पर ठंड बढ़ाई है हालांकि ज्यादातर स्थानों पर न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है